केन्द्रीय र्यावरण और जलवाय् रिवर्तन मंत्री ने कहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वचछ हवा कार्यक्रम की शुरूआत की है हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि छात्रा रिवहन सुरक्षा योजना के अंतर्गत विशेष बसें चलायी जायेगी

उन्होंने कहा कि यह समय की जरूरत है कि सरकार को शासन के प्रम्ख क्षेत्रों की ओर ध्यान देना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि लोगों के जीवन में सरकार का कम हस्तक्षे हो तो स्शासन ज्यादा प्रभावी हो सकता है नई दिल्ली में हिन्द्रस्तान टाईमस लीडरशि सम्मेलन सम्बोधित करते हये श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार देश को हले की वायदों की राजनीति से ऊ र उठकर काम करने की राजनीति की ओर ले जा रही है उन्होंने आम लोगों के कल्याण जीवनया न और बेहतर प्रशासन के लिए एनडीए सरकार दवारा लिए गये विभिन्न फैसलों का उल्लेख किया और कहा कि सरकार का उल्लेख किया और कहा कि सरकार र बेहतर प्रदर्शन करने का दवाब होना चाहिए

इसके लिए विकास और सुशासन के हर हलू र विशेष ध्यान दिया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियो को नियमित करने के लिए हाल ही फैसा किया गया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिकता अ ने में उत्पीड़न का सामना करने वाले के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगी उन्होंने कहा कि अयोध्या भूमि विवाद र उच्चतम न्यायालय का फैसला आने से हले अनेक अंशकायें प्रकट की जा रही थी लेकिन देश के लोगों ने ऐसी आकांशाओं को गलत साबित कर दिया

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के विलय र श्री मोदी ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र को हले की त्लना मे और मजबूत बनाया गया है केन्द्रीय र्यावरण वन और जलवायु रिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम की श्रूआत की है देशभर में वायु प्रद्षण की समस्या से व्या क ंग से नि टने के लिए दीर्घावधि समयबद्व और राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रू मे यह कार्यक्रम चलाया गया है

रोहतक की एक अदालत ने कांग्रेस नेता प्रो वीरेन्द्र समेत तीन आरोपियों को देशद्रोह के मामले से आरो मुक्त कर दिया है ये फैसला अतिरिक्त जिला न्यायधीश रितू वाई के बहल की अदालत ने सुनाया है प्रो वीरेन्द्र प्र्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा क राजनीतिक सलाहकार रहे है

इसको आधार मानकर ही भिवानी के कैप्टन वन कुमार आंचल ने केस दर्ज करवाया था कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हरियाणा के तेलंगाना के सनत नगर और चेन्नई के के के नगर में अ ने चिकित्सा कॉलेजों में अतिरिक्त उत्तम विशेषज्ञ चिकित्सकों के द सृजित करने की मंजूरी दी है

श्रम एवं रोज़गार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि छात्रा श रिवहन सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य के ांच जिलों अम्बाला ंचक्ला यम्नानगर करनाल और क्रुक्षेत्र में महिलाओं के विशेष स्पेशल बस चलाई जाएगी म्ख्यमंत्री छात्रा रिवहन स्रक्षा योजना से सम्बन्धित किए गये कार्यों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बस छात्राओं की स्रक्षा को देखते हए श्रू की जा रही है

उन्होंने कहा कि श्रूआत में छात्राओं को लाने व ले जाने के लिए उच्च शिक्षा के क्छ शिक्षण संस्थानों को शामिल किया जाएगा और बाद में इस योजना के अन्तर्गत अन्य शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया जाएगा